प्रदेश में आज हआ बडा प्रशासनिक फेरबदल बीस से अधिक जिलों के कलेक्टर बदले गए

कोरोना मरीज प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित साठ और नए मरीजों की पुष्टि हुई है पचास मरीज आज मिले हैं इनमें मुंगेली से तेईस राजनांदगांव से बारह बेमेतरा से बारह बिलासपुर से दो और रायगढ से एक मरीज की पहचान हुई हैं वहीं कल देर शाम मुंगेली में चार कांकेर में तीन रायगढ़ कोरिया और रायपुर में एक एक मरीज की पुष्टि हुई थी इन्हें भिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़कर अंब तीन सौ तिरालीस हो गई हैं फिलहाल दो सौ इकहत्तर मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं बहत्तर मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं हमारे संवाददाताओं से भिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव जिले में कोरोना के बारह नये मरीजों की पृष्टि हई है इनमें डोंगरगढ की एक महिला और एक बच्ची भी शामिल हैं ये दोनों मां बेटी है इसके अलावा अम्बागढ़ चौकी विकासखंड से भी नये मरीज मिलने की जानकारी मिली है पिछले हफ्ते ही एक ही दिन में छरिया क्षेत्र के आमगांव में दस कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे सीएमएचओ डॉक्टर मिथलेश चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रभित सभी बारह मरीजों को कोविड नाइंटीन अस्पताल पेण्ड्री में भर्ती कराया गया है जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर छत्तीस हो गई है एक मरीज को स्वस्थ्य होने के बाद छटटी दे दी गई है वहीं बेमेतरा जिले में दो नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है इनमें से एक मरीज नगर पंचायत देवकर का है वहीं दूसरा मरीज नांदघाट के पास तरपोंगी का रहने वाला है दोनों ही मरीज प्रवासी मजदूर हैं और क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे थे जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर चार हो गई है उधर मुंगेली जिले में कल देर शाम चार नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई इन मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस बीच शहर में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया और लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की समझाईश दी वहीं कांकेर जिले में तीन मरीजों की पुष्टि हुई है इसके अलावा रायगढ़ जिले में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला यह मरीज अभी हाल ही में मुंबई से लौटा था जिसे कापू के क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था इसी के साथ रायगढ़ में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढकर ग्यारह हो गई है इधर राजघानी रायपुर में भी कल रात एक कोरोना संक्रमित मरीज पुष्टि हुई है यह मरीज रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्टाफ नर्स है जो देवेन्द्र नगर इलाके में रहती है जिला प्रशासन ने पूरे ॅक्षेत्र को सील कर दिया है कोरोना जोन निर्धारण राज्य सरकार ने रेड आरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी की है केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी विकासखंडों और शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या इनके दोगुने होने की दर तथा प्रति एक लाख जनंसख्या पर सैंपल जांच की ताजा स्थिति के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है जारी सूची के मुताबिक प्रदेश के तेरह विकासखंड रेड जोन में हैं जिनमें बालोद जिले के डौंडीलोहारा राजनांदगांव जिले के छूरिया बिलासपुर जिले के कोटा तखतपुर बिलासपुर शहर मस्तुरी और बिल्हा विकासखंड को शामिल किया गया है वहीं कोरबा मुंगेली रायगढ़ शहर अंबिकापुर बलौदाबाजार और कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड भी रेड जोन में हैं जबकि राज्य के उनतालीस विकासखंड आरेंज जोन में है वहीं राजधानी रायपुर सहित बचे सभी विकासखंडों को ग्रीन जोन की श्रेणी में रखा गया है प्रदेश में अब तक पंचानवे जगहों पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है कोरोना सैंपल जांच प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जांच और इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है कोरोना वायरस संक्रमितों की पहचान के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है प्रदेश में स्थापित चार लैब एम्स रायपुर डॉक्टर मीमराव अम्बेडकर अस्पताल तथा जगदलपुर और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के माध्यम से प्रतिदिन तीन हजार से अधिक सैंपलों की जांच की जा रही है आरटी पीसीआर जांच के लिए इन चारों लैब में पर्याप्त मात्रा में किट उपलब्ध है रायपुर के लालपुर स्थित लैब में ट्र नॉट विधि से भी सैंपलों की जांच की जा रही है प्रदेश में अब तक पचास हजार से अधिक कोरोना वायरस से संक्रमित संभावितों के सैंपल की जांच की जा चुकी है कोरोना स्वास्थ्य मंत्री केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने कहा है कि भारत ने लॉकडाउन के दौरान अपने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाया है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोविड नाइंटीन की मृत्यू दर कम रखने में भी मदद मिली है डॉक्टर हर्ष वर्धन ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों ने सात हजार तेरह कोविड देखभाल केन्द्रों के अलावा तीन हजार सत्ताईस कोविड नाइंटीन अस्पताल और कोविड स्वास्थ्य केन्द्र तैयार किये हैं इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट और एन पंचानवे मास्क से संबंधित घरेलू उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इसकी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है देश में अब तीन लाख से अधिक पीपीई किट और एन पंचानवे मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय संस्थानों को एक सौ ग्यारह लाख एन पंचानवे मास्क और चौहत्तर लाख अड़तालीस हजार पीपीई किट दी गई हैं कोरोना श्रमिक वापसी कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की घर वापसी का सिलसिला जारी है बीते तेईस मई तक छत्तीसगढ़ के एक लाख तिरपन हजार प्रवासी श्रमिकों की राज्य में वापसी हो चुकी है श्रम मंत्री शिवकूमार डहरिया ने बताया कि श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए तिरपन ट्रेन प्रस्तावित है इस बीच आज गुजरात के मेहसाना से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चांपा स्टेशन पहुंची इस ट्रेन में जांजगीर चांपा जिले के चार सौ इक्कोंस रायगढ़ के तीन कोरबा के एक और बिहार के तीन श्रमिक शामिल थे इन सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बसों से क्वारेंटाइन सेंटर भेजा गया कोरोना प्रवासी श्रमिक रेलवे प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए रेलवे ने देशभर में तीन हजार साठ से अधिक श्रमिक स्पेशल रेलगाडियां संचालित की हैं इन रेलगाडियों से चालीस लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य पर पहंचाया गया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि तीन हजार से अधिक श्रमिक रेलगांडियां सफलतापूर्वक चलाई गयीं और प्रवासी श्रमिकों को देश के विभिन्न भागों में उनके गृह राज्य तक पहुंचाया गया एक ट्वीट संदेश में श्री गोयल ने सभी राज्यों से अपील की कि वे रेलवे और श्रमिक बंधुओं के साथ सहयोग करें

इस कार्यक्रम की यह पैंसठवीं कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

इस फेरबदल में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के पचास से अधिक अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है इसके तहत प्रदेश को बीस से अधिक जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं वहीं कई विभागों के प्रमुख सचिवों सचिवों और जिला पंचायत सीईओ के भी तबादले हए हैं जारी आदेश के मुताबिक वित्त विभाग संभाल रहे अतिरिक्त प्रमुख सचिव अमिताम जैन को जल संसाधन विभाग का प्रभार सौंपा गया है वहीं प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को कौशल विकास तकनीकी शिक्षा और रोजगार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अतिरिक्त प्रमुख सर्चिव रेणु पिल्ले को चिकित्सा शिक्षा और मनोज पिंगुआ को आवासीय आयुक्त नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है इसी तरह जिन जिलों में नए कलेक्टर बनाए गए हैं उनमें महादेव कावरे को जशपुर टोपेश्वर वर्मा को राजनांदगांव डोमन सिंह को गौरेला पेंड्रा मरवाही अभिजीत सिंह को नारायणपुर श्याम लाल धावड़े को बलरामपुर संजीव कुमार झा को सरगुजा और सारांश भित्तर को बिलासपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है वहीं यशवंत कमार को जांजगीर चांपा कार्तिकेय गोयल को महासमंद भरे सर्वेश्वर नरेन्द्र को दर्ग सनील कमार जैन को बलौदाबाजार भाटापारा और रमेश कमार शर्मा को कबीरधाम जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है उधर जन्मेजय मोहबे को बालोद रितेश कुमार अग्रवाल को बीजापुर जयप्रकाश मौर्य को धमतरी रणबीर शर्मा को सूरजपुर दीपक सोनी को दंतेवाड़ा भीम सिंह को रायगढ़ और पूष्पेन्द्र मीणा को कोंडागांव जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है इसके अलावा छत्तर सिंह देहरे को गरियाबंद रजत बंसल को बस्तर एसएन राठौर को कोरिया और पीए एल्मा को मुंगेली जिले का कलेक्टर बनाया गया है आईपीएस तबादला इस बीच राज्य सरकार ने दो आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश भी जारी किए हैं आदेश के मुताबिक अतिरिक्त पूलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता हिमांश गुप्ता को उनके प्रभार से मुक्त कर दिया गया है उनकी जगह रायपुर रेंज के आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा को जिम्मेदारी सौंपी गई है वे रायपुर आईजी के साथ साथ पुलिस महानिरीक्षक ग्रप्तवार्ता का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे कोरोना सूखा राशन रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राजनांदगांव विधानसभा के सभी क्वारेंटाइन सेंटर में सूखा राशन वितरित किया जाएगा उन्होंने कहा कि विधानसभा के लगभग पचपन क्वारेंटाइन सेंटर में सात सौ लोग रह रहे हैं जहां उन्हें किसी तरह की खाने पीने की दिक्कत न हो इसलिए सूखे राशन की व्यवस्था की गई है डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले दिनों राजनांदगांव जिला भाजपा की बैठक में क्षेत्र के पदाधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटरों में राशन की व्यवस्था नहीं होने की जानकारी दी थी

इसे देखते हुए केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र के सहायक निदेशक ने छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले के कृषि अधिकारियों कर्मचारियों और किसानों को सतर्क रहने को कहा है

मौसम मौसम विभाग ने कल प्रदेश के एक दो स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है आज भी दुर्ग रायपुर और बिलासपुर सहित कई शहरों में लू जैसे हालात रहें सबसे अधिक तापमान आज दूर्ग में पैंतालीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया वहीं बिलासपुर में पैंतालीस दशमलव आठ और रायपुर माना एयरपोर्ट पर चवालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस तापमान रहा इस बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गर्मी के इस मौसम में कोरोना वायरस संक्रमण तथा लू और गर्मी से बचाव के लिए सुझाव और सावधानियां जारी किए गए हैं प्राधिकरण ने लोगों को सुझाव दिए हैं कि वे घर पर रहे जितना हो सके पर्याप्त पानी पिएं मिर्गी हृदय गूर्दे या लीवर से संभवित रोग वाले जो तरल आहार लेते हो तरल पदार्थ लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श ले हेल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें ओआरएस घोल घर का बना पेय लस्सी नींबू का पानी छाछ आदि का उपयोग करें बाहर जाने से बचें यदि बाहर जाना आवश्यक है तो अपने सिर और चेहरे को कपडे से कवर करें जहां तक संभव हो किसी भी सतह को छूने से बचें अन्य व्यक्तियों से कम से कम एक मीटर की दूरी पर शारीरिक दूरी बनाए रखें साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें बुढातालाब सौंदर्यी करण मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कहा है कि राजधानी रायपुर का ऐतिहासिक बूढ़ातालाब विवेकानंद सरोवर आने वाले समय में शहर के आकर्षण का केन्द्र बनेगा उन्होंने कहा कि इस तालाब की साफ सफाई के बाद योजनाबद्व ढंग से सौंदर्यीकरण किया जाएगा मुख्यमंत्री ने आज विवेकानंद सरोवर का अवलोकन किया उन्होंने कहा कि बूढ़ातालाब सहित शहर के अन्य तालाबों को भी सुरक्षित रखने के साथ साथ उनकी साफ सफाई और सौंदर्यीकरण किया जाएगा संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी जिलों को चौबीस करोड़ पचास लाख रूपए की राशि जारी की है यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से संबंधित जिले के खातों में जमा कर दी गई है महासमुंद जिला मुख्यालय के लालदाढ़ी क्षेत्र में बिना सूचना के मुंबई से आकर रह रहे पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया हैं साथ ही उन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें होम क्वारेंटाइन किया गया है रायगढ़ के इक्कीस बड़े होटलों के छह सौ इक्कीस कमरों को चिन्हित कर उन्हें पेड क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है दंतेवाड़ा जिले के बारसुर इलाके से पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इस पर एक लाख रूपए का इनाम घोषित था सुकमा कलेक्टर ने पुराने तालाब को नया बताकर पैसा आहरण किए जाने के मामले में जीरमपाल पंचायत के रोजगार सहायक को बर्खोस्त कर दिया है वहीं पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है राजनांदगांव जिले में महाराष्ट्र की सीमा पर बोरतलाव के पास स्थित डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई

महासमुंद जिला जेल में एक विचाराधीन बंदी की मौत हो गई यह विचाराधीन बंदी पिथौरा क्षेत्र के रामपुर का रहने वालाँ था जिसे तीन दिन पहले शराब बेचने के आरोप में जेल दाखिल कराया गया था